प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की इस कार्यक्रम के तहत सरकार की योजना विभिन्न राज्यों के बीच एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी बढ़ाने के लिये आपसी आदान प्रदान की व्यवस्था करना है एक भारत श्रेष्ठ भारत देश की विविधता के साथ राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत पहल है इस विशेष मिशन का लक्ष्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना और क्षेत्रीय संस्कृतियों के महत्व को उजागर करना है

कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष प्रत्येक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को आपसी संपर्क के लिये अन्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद और नक्सली हिंसा से बड़ा मानवाधिकार का उल्लघंन नहीं हो सकता

भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च है और संविधान के अन्दर जो अधिकार सब नागरिक को मिले हैं इसकी रक्षा करना हमारा काम है व्यवस्था का काम है सरकार का काम है मानव अधिकार आयोग जैसे संगठनों का संस्थाओं का काम है गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मानवाधिकारों की लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी और उसमें सफलता भी हासिल की उन्होंने कहा कि हिरासत में होने वाली मौतों और पुलिस के अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए विश्व बैंक ने कहा है कि हाल की वैश्विक मंदी से प्रभावित होने के बावजूद भारत तेजी से बढने वाली अर्थव्यवस्था है और उसमें व्यापक संभावनायें हैं बैंक के दक्षिण एशिया के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कल वाशिंगटन में एक समाचार एजेंसी स कहा कि भारत की विकास दर विश्व के अनेक देशों से बहतर है

प्रदेश सरकार ने शिया और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से खरीदी बेची तथा स्थानान्तरित की गई वक्फ सम्पत्तियों की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है प्रदेश के गृह विभाग द्वारा इस संबंध में सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं निदशक सीबीआई नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है शिया सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों में अनियमितता को लेकर कोतवाली प्रयागराज में और लखनऊ के हजरतगंज थाने में अलग अलग मुकदमें दर्ज कराये गये हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है भाजपा के एक नेता की हत्या के बाद पंकज कुमार को पद से हटा दिया गया था गृह विभाग के अनुसार हत्या की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक स्थिति को नियंत्रित करन में असफल रहे राज्य सरकार ने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को भी काम में लापरवाही के आरोप में पद से हटा दिया है प्रदश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दीपावली पर्व से पहले वेतन देने का आदेश जारी किया है अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल द्वारा सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य कोषाधिकारियों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि छब्बीस अक्टूबर को बैंक अवकाश तथा सत्ताइस अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण वेतन और पेंशन का भुगतान पच्चीस अक्टूबर तक कर दिया जाये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

प्रदेश में ग्यारह सीटों के लिये होने वाले उपचूनाव के लिये भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रत्याशियों के लिये तीन दिन प्रचार करेंगे बाइट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगामी जो ग्यारह विधानसभाओं के उपचुनाव हैं कि पूरी तैयारी करके रखी है

महर्षि वाल्मीकि जयन्ती आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कन्नौज में वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर कई स्थानों पर विशाल शोभा यात्राएं निकाली गई और रामायण का पाठ तथा गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया भदोही के सीतामढ़ी स्थित वाल्मीकि आश्रम में भव्य महोत्सव मनाया जा रहा है उधर बरेली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने वाल्मीकि सद्भावना मेले का श्रभारम्भ किया मेले में केन्द्रीय मंत्री ने वाल्मीकि समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया लखनऊ कानपुर आगरा वाराणसी अमरोहा सहित विभिन्न जनपदों में वाल्मीकि जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रमो में लोगों ने उनके बताये हुये रास्ते पर चलने का संकल्प लिया वाल्मीकि जयन्ती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने लोगों को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार भारत के इतिहास में रचे बसे हैं जिनके बल पर भारत की परम्परा और संस्कृति फली फूली है श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के स्तम्भ महषि वाल्मीकि के संदेश लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने आदिकाव्य रामायण की रचना कर लोगों को सत्य एवं कर्तव्य परायणता पर चलने का मार्ग दिखाया भगवान श्रीराम की गाथा को देश दुनिया में पहुंचाने का श्रेय महर्षि वाल्मीकि को जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आज मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम से वाक् एण्ड जॉग रन आयोजित की गई भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सनील बंसल एडीजी मेरठ जोन और जिलाधिकारी ने इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगो को फिट रहने के साथ स्वच्छता का संदेश देना है फिट इंडिया दौड़ में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी समाजसेवी संस्थाओं व्यापारियों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा एक्सपीडिशन दल का आज बिजनौर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया यह दल लोगों को गंगा की स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा प्रदेश में विभिन्न सड़क द्र्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गये एटा के थाना मलावन क्षेत्र में आज सुबह मारूति वैन और रोडवेज बस की आमने सामने हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गये पुलिस के अनुसार एटा से मैनपुरी जा रही इस मारूति वैन को सामने से आ रही रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी वैन में ग्यारह लोग सवार थे जिनमे से तीन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है